प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूमि पूजन में शिरकित की और मंदिर का नींव पत्थर रखा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला व किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या पहंचकर पहंचकर दोपहर को हये भूमि पूजन में शिरकत की और राम मंदिर का नींव पत्थर रखकर निर्माण कार्य शुरू करवाया उत्तरप्रदेश प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ राज्यपाल आनंदी बेन राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख मोहन भगवत विश्व हिन्द्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंगल के परिवार से पवन सिंगल कई साधू संत और अध्यात्मिक नेता इस ऐहितहासिक पल के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूमि पूजक में हिस्सा लेने से पहले हुनमानगढ़ मंदिर और राम जन्मभूमि के दर्शन भी किये इस तरह वे हन्नुमानगढ़ मंदिर और राज जन्म भूमि के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गये है उन्होंने आज अयोध्या मे पारिजात वृक्ष का पौधारोपण किया और राम मंदिर के नमूने के चित्र वाली एक डाक टिकट भी जारी की हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राम चरितमानस के दौहे राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम के साथ अपनी भावनाओं को हज़हार किया जिसाक अर्थ है कि अगवान राम का कार्य पूरा किये बिना में कैसे आराम कर सकता हूं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर का नींव पत्थर रखने के बाद लोगों को सम्बोधित करते हये कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि आज मंदिर का निर्माण शुरू होने से भारत के इतिहस में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और भगवान राम हमेशा हमारे मन और दिलों में रहेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम सबके है और उनके आदर्श द्रनियाभर के करोड़ो लोगों को प्रेरित करते रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश के लोगों की इच्छा की पूर्ति है उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके लिए प्ररेणास्त्रोत रहे है और यह गुरू नानक और संत कबीर के शिक्षाओं से भी विदित होता है उन्होंने कहा कि नानक और संत कबीर के राम निर्गण थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम सबका साथ सबका विकास के घोतक है ये नैतिक मूल्य जीवन के हर क्षेत्र में मानवता के लिए प्रासंगिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सदियों का इंतजार समाप्त हुआ है कई पीढियो द्वारा लबे इंतजार के बाद आज करोड़ लोग पावन दिन के साक्षी बन रहे है उन्होंने कहा कि दुनिया में न जाने कितने देश है जहां आज भी लोग भगवान राम में आस्था रखते है उनके विलक्षण व्यक्तित्व ने यूगों युगो तक लोगों को सीख दी है इस अवसर पर उन्होंने लोगों को सभी मर्यादाओं को पालन करने और कोरोना महामारी के मद्देनजर मास्क पहनने व दो गज की दूरी रखने की अपील भ्जी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जोन पर सभी को बधाई दी है एक टवीट मे श्री कोविंद ने कहा कि भगवान राम का मंदिर कानून के अन्रूप बनाया जा रहा है और यह भारत की सामाजिक सदभाव की भावना और लोगों के उत्साह से परिभाषित करता है उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर राम राज्य के आदर्शो के आधार पर आधुनिक भारत का प्रतीक बन जायेगा उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने राम मंदिर निर्माण को मर्यादा पुरूषोतम द्वारा अपने जीवन काल में अपनाये गये आर्दशों और नैतिकता व सत्य के उच्चतम मानवीय मूल्यों का पुनः राज्य भिषेक बताया है कई टवीट कर श्री नायदू ने कहा कि अयोध्या के राज भगवान राम का जीवन का एक आदर्श जीवनन था जो सबके लिए अनुकरणीय था अगवान राम का आचरण और आदर्श भारत की चेतना के मल को दर्शाते है और यह आज भी प्रासंगिक है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों से कहा कि ये मुख्यमंत्री दुध उपहार योजना को सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल करें और संबंधित जिलों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए अथक प्रयास करें इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत तीन बच्चों और दो महिलाओं सहित पाँच लाभार्थियों को स्किम्ड दूध पाउडर के पैकेट वितरित किए इसके अलावा उन्होंने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के पैकेट भी वितरित किए इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जूड़े राज्य के सभी जिलों में इन दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को स्किम्ड दूध पाउडर और सैनिटरी नैपकिन के पैकेट वितरित किए गए

इसके अलावा साढ़े छ लाख छात्राओं को हर महीने छः सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे राम जन्म भूमि अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण की नीव रखने के पावन दिवस पर पंचकूला में बीजेपी कार्यालय में अखंड रामायण के पाठ का भोग डाला गया जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्रप्ता ने शिरकत की और पूजा व हवन में हिस्सा लिया इस अवसर पर श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि आज कांग्रेस का भी रूख बदला है और प्रियंका गांधी भी राम का नाम ले रही है जबकि पहले कांग्रेस हल्फनामा लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी चली जाती थी कि राम एक मिथक है औ राम नाम का कोई भगवान नहीं हुआ इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है

हरियाणा में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और र्नीव पत्थर रखे जाने पर खुशी का माहौल है यमूनानगर में सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हये हवन यज्ञ किया गया जिसमें विधायक घनश्याम दास अरोड़ा नगर निगम मेयर मदन चौहान भी शामिल हये अम्बाला से विधायक असीम गोयल ने श्रद्वालू के साथ खुशी सांझा की और राम चरितमानस के समाप्त पर हवन यज्ञ में आहूति डाली फतेहाबाद मे बीजेपी के जिलाध्यक्ष वेद फुलां के नेतृत्व मे श्रद्वालुओं ने ढोल नगारों से खुशी का इजहार किया अम्बाला छावनी में गृहमंत्री अनिल विज ने ढोल नगारों के बीच लोगों में मिठाई बांटी और श्री राम के नाम का उदघोष किया गया

हरियाणा पुलिस ने नागरिकों विशेषकर हाल ही सेवानिवृत हये सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल से सतर्क रहने के लिए एडवाइज़री जारी की है

हरियाणा की पूर्व मंत्री एवं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष कृष्णा गहलावत ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएसई में देश भर में प्रथम स्थान हासिल करने वाले गन्नौर के तेवड़ी गांव क प्रदीप मलिक को बधाई दी है उन्होंने प्रदीप के परिजनों को भी शुभकामनायें देते हये कहा कि प्रदीप ने गांव व जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है